अपराध प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले की एसएसपी हरप्रीत कौर का तबादला

पराक्रम पर्व के दूसरे दिन आज सर्जिकल स्ट्राईक दिवस मनाया गया

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस एक नाकाम विपक्ष की भूमिका निभा रही है और लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ की राजनीति कर रही है मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत श्री मोदी ने देश के पांच संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत को लेकर भी कांग्रेस झुठ फैला रही है इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काले धन में कमी आयी है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आम लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कमी की गयी है वहीं मंहगाई तीन से चार प्रतिशत से नीचे बनी हुई है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में दस प्रतिशत से अधिक थी उन्होंने कहा कि जन औषधी योजना से लोगों को पचास प्रतिशत से भी कम कीमत पर सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इनोवेशन को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है क्योंकि शिक्षा ही चरित्रनिर्माण का आधार है उन्होंने कहा कि इनोवेशन के बिना जीवन थम सा जाता है

स्वामी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकरके मैं आज इसमें एक ओर स्तंभ जोड़ने का साहस कर रहा हूं और वे है नवोन्मेष इनोवेशन

अगर हम इन चारों पहलुओं को लेकर अपनी उच्चशिक्षा के पुनरूत्थान के बारे में सोचेंगे तो हमें एक सही दिशा दिखाई देती है नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि समाज की समस्याओं को हल करने में शिक्षण संस्थाओं को साझीदार बनाया जाना चाहिए

इसी मार्ग पर चलते हुए केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि हम हर स्तर पर देश की आवश्यकताओं में शिक्षण संस्थानों को भागीदार बना रहे हैं इसी विजन के साथ हमने अटल टिंकरिंग लैब की शुरूआत की है इसमें स्कूली बच्चों में इनोवेशन की प्रवृति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है साढ़े तीन सौ से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्शों का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा मनुष्य के चहुमुखी विकास का प्रमुख साधन है प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा कुपोषण और स्वच्छता के संबंध में सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देने के काम में विद्यार्थियों को शामिल करने का सुझाव दिया बाईट हमारे विद्यार्थियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वह अपने आस पास के लोगों को डिजिटललिटरेट बनाने का काम वो अपने आस पास के लोगों को आयुष्मान भारत उजाला स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाऑसे परिचित कराएं वो उनके जीवन को आसान बना सकते हैं विद्यार्थी अपनी लोकेलिटी मेंजन संरक्षण पर्यावरण और बिजली बचाने की सीख दें ऐसे अनेक कार्यों की लिस्ट शिक्षणसंस्थान एक दूसरे से साझा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि सरकार उच्च शिक्षा पर वर्ष दो हजार बाईस तक एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी हाल में अपराध से सबसे अधिक प्रभावित रहे मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बेगूसराय और भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है मुजफ्फरपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर का स्थानांतरण कर दीपक रंजन के स्थान पर समस्तीपुर का नया एसपी बनाया गया वहीं दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार मुजफ्फरपुर के नये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे उनके स्थान पर गरिमा मलिक को दरभंगा का एसएसपी बनाया गया है भोजपुर के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार और बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार का भी तबादला कर दिया गया है अवकाश कुमार अब बेगूसराय के नये एसपी जबकि आदित्य कुमार भोजपुर के पुलिस अधीक्षक होंगे प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया गया पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के दो साल प्ररे होने पर यह आयोजन किया गया इसका मकसद स्कूली बच्चों को भारतीय सैनिकों की वीरता से परिचित कराना है सैन्यकर्मियों के अनुभव को बच्चों के साथ बांटने के लिये किसी पूर्व सैन्य अधिकारी या कर्मचारी को स्कूल बुलाकर बच्चों के साथ उनका संवाद करवाया गया इधर पटना में दानापुर स्थित सेना के छावनी क्षेत्र में सैन्य बलों के साहस और पराक्रम को दर्शाने के लिये आज भी कई कार्यक्रम आयोजित किये गये आज सुबह सेना बैंड ने आकर्षक धुन की प्रस्तुति दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की अड़तालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है राज्य में आंध्र प्रदेश से मंगाई जाने वाली मछली में कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक रसायन के नमूने पाये गये हैं मत्स्य विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश से मंगायी गई मछलियों के नमूनों की जांच करायी थी प्रयोगशाला जांच में फारमल्डिहाइड रसायन की पुष्टि हुई है इस रसायन का उपयोग अधिक दिनों तक मछलियों को सुरक्षित रखने के लिया किया जाता है राज्य सरकार ने इन हानिकारक मछलियों को मंगाने पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है गया में चल रहे पितृपक्ष मेले मे प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या मे ईजाफा हो रहा है पिछले पाँच दिनो में लगभग तीन लाख यात्री गया आ चुके हैं फल्गु नदी मे स्नान के बाद चौवन पिंडवेदी पर पिंडदान का कर्मकांड किया जा रहा है

विष्णुपद से लेकर बोधगया के महाबोधी मन्दिर तक का माहौल धर्म मय बना हुआ है देश के विभिन्न झेत्रो से आये लोग अपनी अपनी वेशभूषा मे दिख रहे है श्रद्धालु भगवान विष्णु को नमन कर पितरो को श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन पटना के रुपसपुर थाना क्षेत्र से फिरौती के लिए अगवा किये गये एक चिकित्सक के पुत्र शिवम की अपराधियों ने हत्या कर दी है अज्ञात अपराधियों ने कोचिंग से लौटने के दौरान तीन दिन पहले शिवम का अपहरण कर लिया था अपहरणकर्ताओं ने छात्र के परिजनों से पचास लाख रुपये फिरौती की मांग की थी पुलिस ने आज उसका शव बरामद किया बिहार पुलिस एसोसिएशन का चुनाव जोनल आईजी की निगरानी में होगा पुलिस महानिदेशक के एस द्विवेदी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है मगध विश्वविद्यालय बोधगया के छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने और छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आज कई स्थानों पर अगजनी तोड़ फोड़ और हंगामा किया स्नातक तीसरे वर्ष के आक्रोशित छात्रों ने गया डोभी सड़क मार्ग पर कई घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित की प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी बस को फूंक दिया और कई वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिये वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई किये जाने पर छात्रों ने मगध विश्वविद्यालय थाने पर हमला कर दिया इधर नवादा में प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे चार छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है पटना मेट्रो का शिलान्यास इस वर्ष नवंबर महीने में किया जायेगा ये जानकारी नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने दी है श्री शर्मा ने कहा कि मेट्रो परियोजना का डीपीआर तैयार हो चुका है और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जायेगा

अपराध प्रभावित मुजफ्फरपुर जिले की एसएसपी हरप्रीत कौर का तबादला

पराक्रम पर्व के दूसरे दिन आज सर्जिकल स्ट्राईक दिवस मनाया गया